इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रखा गया है मेडिकल कॉलेज में साढ़े सात सौ बिस्तरों की सुविधा है यहां गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गहन चिकित्सा इकाइयां हैं इन इकाइयों में दस चिकित्सक चौबीस घंटे अपनी सेवायें देंगे विदिशा में मेडिकल कालेज के लिए मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया द्वारा डेढ़ सौ प्रवेश क्षमता के साथ चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी गई है पहले बैच के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ये मेडिकल कॉलेज शुरू होने से विदिशा के साथ ही अशोकनगर रायसेन गंजबासौदा सिरोंज लटेरी गुना और बीना के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी उत्कृष्टता पुरस्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में ई गवर्नेस के क्षेत्र में किये गये प्रयासों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे

इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवाओं में सुधार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना मोबाइल गवर्नेन्स श्रेष्ठ ई शासित जिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का प्रचार जैसे प्रयास शामिल हैं चौहान प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शुभकामना संदेश पर आभार प्रकट करते हुये टवीट किया है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य के विकास के लिये सामान्य परिश्रम और उत्साह के साथ काम करना जारी रखेंगे श्री मोदी ने धन्यवाद देते हुये कहा कि समाज के सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश के लोगों का आप पर और आपके शासन में विश्वास दिखाई दे रहा है वकील हड़ताल वकीलों के हड़ताल पर नहीं जाने के हाईकोर्ट निर्देश के विरोध में आज प्रदेशभर के करीब सवा लाख वकील हड़ताल पर हैं इसके तहत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अलावा सभी जिला और तहसील अदालतों के वकील न्यायिक कार्य से दूर रहकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर एमपी स्टेट बार कौंसिल ने स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया था उसी स्टीयरिंग कमेटी ने आज राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है

नर्मदा महोत्सव जबलपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले नर्मदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है इस संबंध में जबलपुर पर्यटन और प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित बैठक में जानकारी देते हुये बताया गया कि महोत्सव में इस बार मशहूर गायक हंसराज हंस और कविता पौडवाल अपनी प्रस्तुति देंगी इन कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है

इस मौके पर कोन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया